एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने ये जानकारी दी है जांच हिमाचल पथ परिवहन निगम में कंडक्टरों की भर्ती प्रकिया के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की एसआईटी जांच करेगी

इनमें शिमला ज़िला के रोहडू क्षेत्र के बताड़ी गांव के लक्की शर्मा और सन्नी शर्मा तथा कांगड़ा की ज्वाली तहसील के बोहरका गांव के मनोज कुमार शामिल हैं पुलिस महानिदेशक संजय कुंड्रू ने कहा कि विशेष जांच दल के सदस्यों को इसलिए अलग अलग ज़िलों से चुना गया है क्योंकि इस प्रकरण की जांच का दायरा राज्य व्यापी है उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल पूरे प्रकरण के पीछे संलिप्त किसी संगठित गिरोह या समूह की सकियता का पता लगाएगा और इस परीक्षा के संचालन में हुई अनियमितता अथवा चूक की जांच भी करेगा राजेन्द्र गर्ग खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने कहा है कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता है और यहां के विभिन्न विकास कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के प्रयास जारी है उन्होंने घुमारवीं में जनसमस्या सुनने के मौके पर कहा कि यहां पानी बिजली और सड़कों केसाथ साथ स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी न उठानी पड़े

गर्ग ने इस मौके पर अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया

शिमला में अमित कश्यप के स्थान पर आदित्य नेगी को उपायुक्त लगाया गया है अमित कश्यप को श्रम आयुक्त व निदेशक रोजगार लगाया गया है वह सामान्य उद्योग निगम के प्रबंध निदेशक का कार्यभार भी देखेंगे

ये मकान चंद्रवीर नामक व्यक्ति का था अग्निकांड में लाखों रूपये का नुकसान आंका गया है आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवार को फौरी राहत राशि उपलब्ध करवाई है

घायल व्यक्ति को टांडा मैडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है जानकारी के मुताबिक ये तीनों लोग एक विवाह समारोह से वापिस लौट रहे थे मृतकों में अनिल कुमार और प्रवेश कुमार शामिल हैं जबकि घायल व्यक्ति का नाम संदीप कुमार बताया गया है मॉकड्डिल त्यौहारों के मौसम को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने सोलन में मॉकड्रिल का आयोजन किया इस दौरान सोलन के सबसे पुराने और भीड़भाड़ वाले बाज़ार से अग्निशमन वाहन को निकाला गया ताकि किसी भी आपात स्थिति में घटना स्थल पर पहुंचा जा सके अग्निशमन अधिकारी राजा राम ने बताया कि यह पूर्वाभ्यास त्यौहारों के दृष्टिगत किया गया और इस दौरान दमकल की गाड़ी को बाज़ार से निकलने में काफी मुश्किलें आईं उन्होंने व्यापारियों से सहयोग की अपील की है सेवादल रीना पुंडीर को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवादल का नया संगठक नियुक्त किया गया है उन्हें ज्योति खन्ना के स्थान पर ये जिम्मेवारी सौंपी गई है बिलासपुर से संबंध रखने वाली रीना पुंडीर कांग्रेस और महिला कांग्रेस में अनेक पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं